बोधगया में हो रही है विशेष पूजा अर्चना लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा इस चरण में आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पटना साहिब पाटलिपुत्र सासाराम काराकाट बक्सर आरा जहानाबाद और नालंदा में मतदान होना है एक करोड़ बावन लाख से अधिक मतदाता बीस महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ सतावन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे सातवें चरण का लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों के कद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस चरण में चार केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद आरके सिंह अश्विनी कुमार चौबे और रामकृपाल यादव की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है इनके अलावा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और राजद के दिग्गज जगदानंद सिंह तथा मीसा भारती भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार सैन्य पुलिस जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गयी है इस चरण के लिये बारह कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है श्री सिंह ने बताया कि आज शाम तक सभी पंद्रह हजार आठ सौ ग्यारह मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ मतदानकर्मी पहुंच जायेंगे उन्होंने बताया कि इक्यासी हजार कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है चार हजार चार सौ बासठ अति संवेदनशील ब्रथ चिन्हित किये गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दो सौ तिहत्तर मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग के जरिये चुनाव प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जायेगा इस चरण में दो हजार तिहत्तर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गयी है श्री सिंह ने बताया कि दियारा इलाकों में घुड़सवार दस्ते और नाव के द्वारा भी गश्ती की जायेगी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये पटना हवाई अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर और एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गयी है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित दस विधानसभा क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही मतदान होगा पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी और पालीगंज सासाराम के भभुआ चैनपुर चेनारी और सासाराम तथा काराकाट के डिहरी काराकाट गोह और नवीनगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा जबकि अन्य क्षेत्रों में मतदान सामान्य रूप से शाम छह बजे तक चलेगा डिहरी विधानसभा उप चुनाव के लिये भी इसी चरण में मतदान होना है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुये कहा है कि किसी सरकारी कर्मी द्वारा पहली पत्नी के रहते हुये दूसरी शादी कर लेने के बाद उससे हुये संतान अनुकंपा पर बहाली के हकदार होंगे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह वीरेंद्र कुमार और अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुये ये व्यवस्था दी पीठ ने कहा कि यह फैसला तभी प्रभावी होगा जब मृतक कर्मी को अवैध तरीके से दूसरी शादी करने के लिये विभागीय कार्रवाई के तहत कोई सजा नहीं मिली हो

भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में बुद्धम् शरणम गच्छामि के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है सूर्योदय के साथ ही महाबोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति की कामना से विशेष प्रजा अर्चना और पंचशील पाठ का आयोजन हुआ मंदिर से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गयी जिसमें श्रीलंका के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में शामिल होने के लिये जापान श्रीलंका और इंडोनेशिया समेत देश विदेश के हजारों बौद्ध धर्मावलंबी जुटे हैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पछ्वा हवा के कारण प्रदेशभर में लू जैसे हालात बन गये हैं अगले दो से तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की आशंका जतायी गई है विभाग ने आज से पटना में लू चलने का अलर्ट जारी किया है मौसम पूर्वानूमान में बताया गया है कि आज तापमान और बढ़ेगा पटना सहित दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में पारा तैंतालीस डिग्री के पार जाने की संभावना बनी हुयी है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर तैनात सीआरपीएफ के एक जवान ने ख़ुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली मृतक जवान गिरिअप्पा केसोर कर्नाटक के बेंगलुरू का रहने वाला था सिटी एसपी प्राणतोष कुमार दास ने बताया कि अब तक की जांच से यह बात सामने आयी है कि जवान ने पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की है उन्होंने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है शेखपुरा जिले के सदर प्रखण्ड के मेहुंस गांव में नोहरी पोखर की खुदाई के दौरान विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के मिलने का सिलसिला जारी है कल शिवलिंग शिव पार्वती और गणेश की कई मूर्तियां मिली हैं इससे पूर्व भगवान सूर्य की तीन मूर्तियां मिली थीं सभी मूर्तियां काले पत्थरों से निर्मित हैं पटना जिले की बाढ़ स्थित एक अदालत ने जाली नोट के कारोबार से जुड़े एक आरोपी को दोषी ठहराते हुये उसे पांच वर्ष कारावास और पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूट की योजना बना रहे छह अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है पटना के गर्दनीबाग स्थित रोड नम्बर तीस में भीषण अगलगी से पचास से अधिक झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गयी इस घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रेस कांफ्रेंस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान को प्रकाशित करते हुये लिखा है दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनायेंगे साथ ही अखबार ने राहुल गांधी के बयान को भी प्रमुखता देते हुये लिखा है हमने मोदी के सभी दरवाजे बंद किये दैनिक जागरण ने लिखा है पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट के लिये थमा चुनाव प्रचार मतदान कल दैनिक भास्कर की सुर्खी है आठ राज्यों के उनसठ सीटों पर कल वोटिंग इनमें से इकतालीस अभी एनडीए के पास प्रभात खबर राष्ट्रीय सहारा और आज ने भी कल होने वाली वोटिंग से जूड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

बोधगया में हो रही है विशेष पूजा अर्चना